प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष और राजीव कुमार उपाध्यक्ष होंगे एक सरकारी विज्ञप्ति में बताया गया है कि वी के सारस्वत रमेश चन्द और डॉक्टर वी के पॉल आयोग के पूर्णकालिक सदस्य होंगे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह गृहमंत्री अमित शाह वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन और कृषि मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर नीति आयोग के पदेन सदस्य होंगे सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गड़करी सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावर चंद गहलोत रेल मंत्री पीयूष गोयल और सांख्यिकी तथा कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्री राव इंदरजीत सिंह आयोग के विशेष आमंत्रित सदस्य होंगे

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने समापन समारोह की अध्यक्षता की इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में इस उत्सव को और बेहतर बनाने के लिए विदेशों से भी सांस्कृतिक दल बुलाए जाएंगे उन्होंने कहा कि इस तरह के उत्सव हमारी संस्कृति को संजोए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं ग्रीष्मोत्सव के अंतिम दिन कल विभिन्न राज्यों के सांस्कृतिक दलों की प्रस्तृतियां लोगों के आकर्षण का केंद्र रही अंतिम सांस्कृतिक संध्या में हिमाचली कलाकारों सहित पार्श्व गायक फरहान सावरी और मध् श्री भट्टाचार्य ने अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया अनुराग केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर केंद्रीय मंत्री बनने के बाद आज से पहली बार प्रदेश के दो दिवसीय दौरे पर पहुंच रहे हैं

आज ऊना के मेहतपुर पहुंचने पर पार्टी कार्यकर्त्ताओं द्वारा अनुराग ठाकुर का स्वागत किया जाएगा बाद में वे ऊना जिल के विभिन्न स्थानों पर रोड शो व जनसभाए करेंगे शाम के समय वित्त राज्य मंत्री का हमीरपुर पहुंचने का कार्यक्रम है पुरस्कार डॉक्टर वाएएस परमार बागवानी व वानिकी विश्वविद्यालय नौणी के तहत कृषि विज्ञान केंद्र चंबा के निकरा मॉडल को राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है हाल ही में हैदराबाद में शुष्क कृषि के लिए आयोजित कृषि विज्ञान केंद्रों की वार्षिक कार्यशाला में कृषि विज्ञान केंद्र चंबा को ये पुरस्कार मिला केंद्र ने लग्गा गांव में निकरा परियोजना के तहत पानी की कमी विलम्बित मॉनसून सूखा शीतलहर ओलावृष्टि और लंबे समय तक मौसम की अस्थिरता के संबंध में उत्कृष्ट कार्य किया

संघ के संयोजक कुलदीप ठाकुर ने बताया कि इस कार्यक्रम में दृष्टिहीनों के लिए कार्य करने की नई तकनीक और दिव्यांग अधिनियम पर जागरूक किया जाएगा मार्ग अवरूद्व आनी उपमंडल को जिला मुख्यालय कुल्लू से जोड़ने वाला लूहरी आनी औट वाया जिलोड़ी दर्रा राष्ट्रीय उच्चमार्ग कारशा में पहाड़ी दरकने से बीती रात से यातायात के लिए अवरूद्ध है आनी के एसडीएम चेत सिंह ने एहतियात के तौर पर इस मार्ग को दो दिन बंद रखने के निर्देश दिए हैं ऐसे में सभी वाहनों को वाया लूहरी चलाया जा रहा है मौसम प्रदेश के कई भागों में बीते कल हुई हल्की वर्षा से अधिकतम तापमान में आई मामूली गिरावट के चलते लोगों को चिलचिलाती गर्मी से कुछ राहत मिली है इस बीच राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकतर भागों में आज दिन की शुरूआत धूप के साथ हुई है

अब एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर आज समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता दी है

दैनिक भास्कर का शीर्षक है सीजीएल परीक्षा पेपर लीक मामले में तीन अरेस्ट शिमला से जुड़े हैं तार अमर उजाला के शब्द हैं शिमला में भी दबिश दे चुकी है जांच एजें सी सरकारी स्कूलों में परोसे जाने वाले मिड डे मील के दौरान ग्रीन वेस्ट पर एनजीटी के कड़े रूख पर आपका फैसला लिखता है ग्रीन वेस्ट पर प्रदेश सरकार को नोटिस कूड़े को निपटारे के लिए उठाने होंगे ठोस कदम

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हवाले से दैनिक जागरण लिखता है किसी भी जिले से बन सकते हैं मंत्री सांगला में फंसे पर्वतारोही दल के रेस्क्यू ऑप्रेशन को भी अधिकतर अखबारों ने प्रमुखता दी है हिमाचल दस्तक की सुर्खी है शिमला की पहाड़ियों में फंसे ट्रैकर्स रेस्क्यू ऑप्रेशन में बाघा बना खराब मौसम दिव्य हिमाचल के शब्द हैं सांगला घाटी में फंसे उत्तराखंड के पर्वतारोही दैनिक भास्कर की एक खबर है सरकार ने दी राहत रोपवे बनाने वाले निवेशकों से पहले सात साल नहीं ली जाएगी लाइसेंस फीस नशे की ओवरडोज से तीन की मौत शीर्षक से पंजाब केसरी लिखता है भदरोया में मिले पठानकोट के दो युवकों के शव शिमला में सड़क किनारे मिले युवक की आईजीएमसी में मौत मौसम पर हिमाचल दस्तक की सुर्खी है प्रदेश में बारिश से कूल कूल हुए पहाड़ तापमान में आई गिरावट